वहीं गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुम्बई तीसरे स्थान पर है

प्रदेश को भी देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है

वहीं खंडवा कटनी रतलाम खरगौन छिंदवाड़ा बुरहानपुर सिहोरा उज्जैन महू छावनी और शाहगंज को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया है इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लक्ष्य केन्द्रित अभियान के कारण ही यह संभव हआ है

इसमें ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग मेडीकल क्लेट की विशेष कोचिंग दी जायेगी आज मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं में सुधार जरूरी है इसके लिए प्रोजेक्ट अंकुर शुरू किया जायेगा वहीं स्कूल शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के साथ ही उन्हें उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जायेगा

जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या चार हजार से अधिक हो गई है

इस अवसर पर राज्य में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना की प्रतिज्ञा दिलाई गई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जबलपुर उमरिया आगर मालवा मंदसौर टीकमगढ़ गुना श्योपुर जिलों से भी सद्भावना दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं

छतरपुर के युवा भी सरकार की इस पहल से खुश हैं

वे आज मंत्रालय में रोडमेप के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिये मंत्रि परिषद समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मदिरा लायसेंस प्रदेश में लायसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर सूची अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये गये है प्रदेश की सभी देशी मदिरा दकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है आबकारी विभाग ने अब विदेशी मदिरा द्वकानों पर भी ब्राण्डवार और लेबिलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किये जाने के लिए कहा है मौसम प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मानसून की झड़ी लगी है कई जिलों में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है वहीं कई गांवों का शहरों से संपर्क ट्रट गया है

शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर आने के कारण अशोकनगर जिले से शिवपुरी जिले का संपर्क टूट गया है जबलपुर जिले में बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा के सभी घाट ड्ब गये है

श्रद्दालु कल के व्रत के लिए पूजन सामग्री खरीदते दिखे